जैक की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं नौ मार्च से होंगी शुरू विषयवार परीक्षा की तिथि जल्द होगी जारी राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान मिले एक सौ साठ नए कोरोना संक्रमित दो सौ बत्तीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से दी गई छुट्टी मध्यप्रदेश राजस्थान सहित कई राज्यों में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड में अलर्ट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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन है उन्होंने कहा कि यह एक अत्यानध्रनिक परियोजना है और इसका लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पडेगा कोच्चि मंगलूरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माध्यम है

इस परियोजना की कुल लागत तीन हजार करोड़ रुपये थी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुणवत्ता और विश्वसनीयता ब्रांड इंडिया के आधार स्तंभ होने चाहिए

भारतीय वैज्ञानिकों और तकनिकी विशेषज्ञों द्वारा हासिल की गई सफलताओं की सराहना करते हुए श्री मोदी ने विशेष रूप से देश में तैयार किये गये दो कोरोना टीकों का उल्लेख किया प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में शीघ्र ही विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया जायेगा झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है

इस परीक्षा में राज्यभर के लगभग साढ़े सात लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे हालांकि परीक्षा को लेकर डेटशीट जारी नहीं हई है जैक के अध्यक्ष डा अरविंद प्रसाद सिंह ने बताया कि परीक्षा तिथि का निर्धारण कर दिया गया है सिर्फ विषयवार परीक्षा की तिथि जारी नहीं की गई है सोमवार को जैक सभागार में बैठक कर परीक्षा को लेकर यह निर्णय लिया गया है

परीक्षार्थियों के बीच एक निश्चित दूरी बनाकर परीक्षा संचालित की जाएगी परीक्षा की तैयारी को लेकर जैक पूरी तरह से जुट गया है

इसी के तहत परीक्षार्थियों को परीक्षा की तैयारी भी कराई जा रही है

सभी पांच सेक्टर में जिले का प्रदर्शन पिछडेपन दूर करने को लेकर बेहतर है झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो ने दल बदल मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुनौती दी है विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि उनके सामने परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा झाविमो के सिंबल पर पिछला विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बाबूलाल मरांडी ने भाजपा में पार्टी का विलय कर दिया था जबकि उनके दो अन्य विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए थे विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों के दावे के आधार पर संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दल बदल के अंतर्गत संज्ञान में लिया और नोटिस जारी की मरांडी ने इस नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी

राजधानी रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र से एक यूवती का सिरकटा शव बरामदगी के मामले में पुलिस ने आरोपियों की सूचना देने वालों को पच्चीस हजार रूपये का इनाम देने की घोषणा की है ग्रामीण एसपी नौशाद आलम की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया इस हत्याकांड के विरोध में कल राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों में लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की

इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख पन्द्रह हजार छह सौ नवासी पहंच गई है वहीं दूसरी ओर कल दो सौ बतीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक लाख तेरह हजार एक सौ पच्चीस पहुंच गई है राज्य भर में कल एक कोरोना संक्रमित की मौत के बाद अब तक मरने वालों की क्ल संख्या बढ़कर एक हजार छत्तीस पहंच गई है जबकि राज्य भर में सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार पांच सौ अठाईस रह गई है

इसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों में अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाने को लेकर चर्चा की गई उपायुक्त ने प्रत्येक प्रखंड में वैक्सीनेशन सेंटर के लिए आवश्यकतानुसार भवनों को चिह्नित करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ बैठक कर भवनों को चिह्नित करें साथ ही पानी बिजली इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया उपायुक्त ने बताया कि जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वैक्सीनेशन सेंटर में हेल्प डेस्क एरिया वेटिंग एरिया वैक्सीनेशन रूम और ऑब्जर्वेशन रूम होने चाहिए उन्होंने प्रत्येक सेंटर में मैनपावर की आवश्यकता से संबंधित रिपोर्ट के साथ अगली बैठक में उपस्थित होने के निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिए मध्य प्रदेश राजस्थान समेत कुछ अन्य राज्यों में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड में पशुपालन विभाग की ओर से सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है इस संदर्भ में पशुपालन विभाग के स्तर से तत्काल एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया गया है हालांकि राज्य में बर्ड फ्लू का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है पशुपालन निदेशक नैसी सहाय ने कल सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को मध्य प्रदेश और राजस्थान का हवाला देते हुए संभावित बर्ड फ्लू के फलस्वरूप सतकंता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं इधर जिलों से पक्षियों के आ रहे सैंपलों की जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है

राज्य में लोगों को जनवरी के पहले सप्ताह में कड़ाके की ठंड से राहत मिली है मौसम विभाग के पुर्वानुमान के मुताबिक अगले तीन दिनों तक बादल छाए रहेंगे पर न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी

मौसम विभाग ने बताया कि हालांकि उत्तर पश्चिमी हवाओं का जोर चलता रहेगा

गोड़डा के पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश ने बताया कि प्रेम प्रसंग के कारण लड़की की हत्या की गई लोहरदगा के पुलिस अधीक्षक प्रियंका मीना और थाना प्रभारी सुरज प्रसाद के नेतृत्व में कल ग्रामीण बच्चों के बीच पढ़ाई से जुड़ी कॉपी पेन पेन्सिल सहित पढ़ाई से जुड़ी अन्य सामग्री का वितरण किया गया कोयला मंत्रालय ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल के रजरप्पा क्षेत्र को स्वच्छता के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है सीसीएल मुख्यालय दरभंगा हाउस स्थित विचार मंच में कल इसे लेकर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जहां सीएमडी पीएम प्रसाद ने कोयला मंत्रालय की ओर से संबंधित पुरस्कार प्रदान किया अखबारों की सुर्खियांराज्य से प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक अखबारों ने कोरोना वैक्सीन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रधानमंत्री ने कहा देश में शुरू हो रहा विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कैम्पेन शीर्षक से प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की है जबकि दैनिक जागरण ने लिखा है दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए तैयार देश मोदी अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स का शीर्षक है भारत में शुरू होनेवाली है दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन ड्राइवः प्रधानमंत्री इधर रांची के ओरमाझी में एक युवती की हत्या के विरोध में हंगामे की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है किशोरगंज में सीएम के काफिले को रोकने का प्रयास भीड़ ने जाम में फंसे लोगों के वाहन तोड़ें वहीं हिन्दुस्तान का शीर्षक है विरोध के बीच मुख्यमंत्री का काफिला रोकने की काशिश चाईबासा में नक्सलियों की गिरफ्तारी की खबर को रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर जगह दी है जिसका शीर्षक है अर्जुनपुर पिकेट को उड़ाने की योजना बनाते चार नक्सली गिरफ्तार जैक बोर्ड की दसवीं और इंटर की परीक्षा नौ मार्च से शुरू होने की खबर को अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है